प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है भोजन के महत्व से जुड़े एक संस्कृत सुभाषित का उल्लेख करते हुए नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं और नवजात शिशुओं सहित सभी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सिस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि यह न्यू इंडिया है जहां लक्ष्य समय से पहले पूरे किए जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल बाघों की संख्या बल्कि संरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक वनक्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है अरूण जेटली पूर्व केन्द्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली का आज शाम नई दिल्ली स्थित निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनके बेटे रोहन ने उन्हें मुखाग्नि दी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड़डा सहित केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य और कई राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए सभी दलों के नेताओं ने अरूण जेटली को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रिय नेता को अश्रपूर्ण विदाई दी इससे पहले अरूण जेटली का पार्थिव शरीर भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जहां बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में स्वर्गीय अरूण जेटली को श्रद्धासुमन अर्पित किए उन्होंने परम पिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद राम स्वरूप शर्मा किशन कपूर सुरेश कश्यप और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी राज्य शोक इस बीच राज्य सरकार ने अरूण जेटली के सम्मान में प्रदेश में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है

मणिमहेश चम्बा जिले में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दूसरे दिन आज भी हज़ारों श्रद्वालुओं ने पवित्र डल झील में डुबकी लगाई मौसम साफ रहने के चलते आज श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा इस बीच बीती रात मणिमहेश में दिल्ली से आए एक श्रद्वालु की हृदय गति रूकने से मृत्यु हो गई

आरोग्य मेला विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोगों से निरोग रहने के लिए आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में अपनाने का आहवान किया है सोलन में आज आरोग्य भारती द्वारा आयोजित आरोग्य मेले में उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं बिंदल ने केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हिम केयर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का लोगों से आहवान किया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने इस मौके पर लोगों से योग के माध्यम से शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर करने को कहा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती से तैयार की गई सब्जियों की प्रदर्शनी मेले का मुख्य आकर्षण रही इस मौके विशेषज्ञों ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सैर करने और प्राकृतिक वातावरण में रहने का परामर्श दिया पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली की आत्मा की शांति के लिए सोलन में आज राजीव बिंदल व राजीव सैजल की अगुवाई में दो मिनट का मौन भी रखा गया

कांगड़ा ऊना बिलासपुर और मण्डी जिले में भी वर्षा का समाचार है